कृतज्ञ राष्ट्र डॉ भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर कर रहा है उन्हें नमन

आशा है कि प्रधानमंत्री इसकी अवधि आगे बढ़ाने की घोषणा कर सकते है

श्री मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेन्स के जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ भी चर्चा की थी और इस दौरान कई राज्यों ने लॉकडाउन की अवधि दो सप्ताह बढ़ाने का आग्रह किया था

एक ट्वीट में उन्होनें कहा कि हमारी रणनीति अधिक से अधिक जांच करने की है ताकि पॉजिटिव मरीजों का समय रहते पता लगाया जा सके उन्होंने कहा कि अब ज्यादा संख्या में लोगों की जांच होने से संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिल सकेगी श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मीडिया प्रतिनिधियों के साथ वार्ता में कहा कि राज्य सरकार कुल दस लाख किट मंगवायेगी और आने वाले दिनों में हमारी टेस्टिंग क्षमता कई गुना बढ़ जायेगी एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में सबसे पहले भर्ती हुए कोरोना पॉजिटिव रोगियों के ईलाज के लिए बनाये गये दवाओं की कॉम्बिनेशन की दुनिया के कई देशों में सराहना हुई है सकमण रोकने के लिए अपनाई जा रही रणनीति से जुडे सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भीलवाडा मॉडल को अपनाते हुए रूथलेस कन्टेनमेंट में जुटी हुई है

यह हमारे परिवार समाज और देश को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है श्री मिश्र ने कहा कि हम सब मिलकर कोरोना महामारी को हराने में कामयाब होंगे

उन्होंने कहा कि सेनिटाइजेशन कार्यक्रम को सार्वजनिक किया जाए वहीं सेनिटाइजेशन प्राथमिकता के आधार पर उन क्षेत्रों में कराया जा ये जहां संक्रमण के मामले अधिक आ रहे है

हालांकि सरकार ने कोरोना वायरस के फैलने पर रोक लगाने के लिए खरीद केन्द्रों पर सुरक्षित दूरी बनाये रखने की शर्त लागू की है इस वर्ष बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के बावजूद रबी फसल का बंपर उत्पादन हुआ है और किसानों को उनके कृषि उत्पाद की खरीद के लिए सरकारी खरीद एजेंसियों के सहयोग की जरूरत है